उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लोक निर्माण विभाग से इस संबंध में जिलेवार रिपोर्ट और प्रस्ताव मांगे हैं श्री मौर्य ने कहा कि प्रत्येक महान और प्रमुख हस्तियों को सम्मान दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि बसपा के संस्थापक कांशीराम समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया और जय प्रकाश नारायण के नाम से भी प्रदेश में सड़कें बनाई जायेंगी उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक सड़क कूर्परी ठाक्र के नाम पर बनायी जायेगी इस रोड पर उनके नाम का एक बोर्ड भी लगाया जायेगा इससे समाज में यह संदेश जायेगा कि एक नेता मुख्यमंत्री जैसे पद पर रहते हुए समाज में कैसे एक सामान्य जीवन व्यतीत करता था श्री मौर्य ने सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं से उन मार्गो की सूची बनाने के लिए कहा है जिनका नामकरण महापुरूषों के नाम पर किया जाना है दुनियाभर के करीब बीस लाख मुसलमान आज सऊदी अरब में हज कर रहे हैं इनमें एक लाख पचहत्तर हजार भारतीय हैं जायरीन हज से जुड़ी प्रमुख रस्म के लिए आज अराफात के लिए रवाना हो रहे हैं अराफात में पूरा दिन प्रार्थना और ईश्वर से क्षम याचना में बिताया जाएगा

दोपहर और शाम की नमाज एकसाथ अदा करने के बाद हज यात्री मुजदलफाह के लिए रवाना होंगे जहां वे खुले आकाश के नीचे रात दिताएंगे कल सवेरे हज यात्री मीना लौट जाएंगे जहां पशु बलि और शैतान पर पत्थर मारने की सांकेतिक रस्म निभाई जाएगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की छब्बीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस कार्यक्रम की सैंतालिसवीं कड़ी होगी श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि लोग नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं वे टोल फ्री नम्बर एक आठ शुन्य शुन्य एक एक सात आठ शुन्य शुन्य पर कॉल करके हिन्दी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चौहत्तरवीं जयन्ती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित कर रहा है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तथा अन्य लोगों ने राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की पवित्र श्रावण मास के चौथे और अन्तिम सोमवार को आज प्रदेश भर के शिव मंदिरों और शिवालयों में भारी संख्या में कांवरियों और श्रद्वालुओं ने भगवान शिव का जलामिषेक किया पूजा अर्चना और जलामिषेक का सिलसिला ब्रम्हमुहर्त से ही शुरू हो गया जो अब तक जारी है वाराणसी में श्रद्वालुओं की भारी भीड़ जुटी वहां के काशी विश्वनाथ मंदिर सहित सभी शिव मंदिरों में कड़े सुरक्षा प्रबंघों के बीच जलाभिषेक और पूजा अर्चना का कार्यक्रम चलता रहा काशी विश्वनाथ मंदिर के चारो ओर हाथों में जलपात्र लिये कांवरिये और श्रद्वालु नजर आ रहे हैं अन्य शिव मंदिरों पर भी इसी तरह की भीड़ देखी जा रही है इलाहाबाद में भारी संख्या में श्रद्वालुओं ने संगम में स्नान कर के वहां के शिव मंदिरों में जलामिषेक किया अयोध्या के नागेश्वर नाथ क्षीरेश्वरनाथ कोटेश्वरनाथ महादेव मंदिर और शेषावतार मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में कांवरियों ने जल चढ़ाया आज सुबह कांवरिये पवित्र सरयू नदी से जल लेकर अपनी श्रद्वा से जुड़े शिव मंदिरों की ओर जलामिषेक के लिये रवाना हुये बुन्देलखण्ड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में स्थित शिव मंदिरों में भी आज सावन महीने के अन्तिम सोमवार पर कांवरियों और श्रद्वालुओं का तांता लगा रहा प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुयी है हालांकि कुछ नदियों में पानी घटने लगा है लेकिन अभी भी कई जिलों में तटवर्ती स्थानों पर बसे लाखों लोग बाढ़ से घिरे हुये हैं गोण्डा जिले की घाघरा नदी खतरे के निशान से उनहत्तर सेंटीमीटर ऊपर बह रही है जिले के करनैलगंज और तरबगंज तहसील के तीन सौ से अधिक मजरों की एक लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रमावित है मऊ जिले में गौरीशंकर घाट पर आज घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से चालिस सेंटीमीटर ऊपर रिकार्ड किया गया जलस्तर की वृद्वि से तटवर्ती कई गांव पानी से धिर गये हैं तटवर्ती क्षेत्रों में पशुओं के लिये चारे का संकट पैदा हो गया है बलिया जिले में भी घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है कृशीनगर में बूढ़ी गण्डक नदी उफान पर है इलाहाबाद में गंगा नदी के जलस्तर में पिछले चौबीस घंटे के दौरान सात सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गयी है उधर प्रदेश के कई जिलों में धूप निकलने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ने लगी है तो कुछ जिलों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश की भी खबर है